सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा की है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कोरोना को खत्म करने का प्रयास कर रहे सभी डॉक्टरों नर्सो और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता है

चिकित्सा सामग्री की खरीद और उपलब्धता तथा अस्पतालों की तैयारियों का भी बैठक में आकलन किया गया कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में काम करने वाले आसनसोल के कर्मी के भी कोरोना संक्रमित होने के बाद जिला प्रशासन ने आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है संक्रमित मरीज के ट्रेवल हिस्ट्री के अनुसार जिला के बरकट्टा बरही एवं चौपारण प्रखंड सहित नगर निगम के आधा दर्जन से अधिक वार्डो कॉ रेड जोन में रखकर स्वास्थ्य सर्वे का काम जिला प्रशासन ने शुरू किया है इस बात की जानकारी देते हुए उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि तीनों प्रखंडों सहित नगर निगम के आधा दर्जन से अधिक वार्डो के लिए सर्वे टीम बना ली गई है इन स्थानों के प्रत्येक घरों में जाकर सर्वे टीम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी आवष्यकता के अनुसार लोगों को क्वारेन्टीन में रखा जाएगा उपायुक्त डॉ सिंह ने इस आशय की जानकारी आज प्रेस वार्ता के दौरान दी

इधर हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीज की हालत में प्रतिदिन सुधार हो रहा है इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने बताया कि दो दिनों के बाद उसका स्वाब जांच के लिए रिम्स रांची भेजा जाएगा

राजधानी रांची के हिंदपीढी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव के दो मरीज मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती बढा दी है इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर चार हो गयी है रांची को हिंदपीढ़ी में पुलिस घरों से बिना जरूरी काम बाहर निकलने वाले लोगों को सख्ती के साथ घरों में भी भेज रही है क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम भी लगातार जारी है हिंदपीढी आने वाली और जाने वाले सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है गिरिडीह जिला प्रषासन द्वारा आज कोरोना वायरस के प्रभाव को नियंत्रित करने की तैयारी के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया उपायुक्त राहल कुमार सिंह ने बताया कि जिले में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया है और कोरोना वायरस से बचाव और रोक थाम के लिए जिला प्रषासन द्वारा कई कदम उठाए गए है श्री सिंह ने बताया कि गिरिडीह जिले में अभी तक कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सत्रह सैंपल जांच के लिए रिम्स भेजे गये जिसकी निगेटिव रिर्पोट आई है आज भी तेरह सैंपल जांच के लिए भेजा गया है उन्होंने बताया कि यदि कोई रिर्पोट पॉजिटिव आता है तो उस हालत में तुरंत क्र्फयू लगा कर तीन किलोमीटर की परिधी में उस क्षेत्र को सेनेटाइज करना है उपायुक्त ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए पैंतीस क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये है

खूंटी जिले में वैश्विक महामारी कोरोना का अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज नहीं मिला है जिले के सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि जिले से सोलह संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में भेजे गये थे इन सभी मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव है आज और तीन लोगों की रिपोर्ट आ गयी बाकी रिपोर्ट पहले ही आ गई थी उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कोरोना पोजिटिव का एक भी मरीज नहीं मिला है सिविल सर्जन बताया कि जिले में बाहर से आने वाले डेढ़ हजार से अधिक लोगों का क्वारेंटाइन किया गया है इनमें लगभग डेढ़ सौ का सरकारी क्वारेंटाइन और एक हजार चार सौ लोगों को होम क्वारेंटाइन किया गया है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

उन्होंने लोगों से कहा कि अपने घर के अंदर ही नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियां पूरी करें साहिबगंज जिला के उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि साहिबगंज जिले से कुल पांच कोरोनो संक्रमण के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच के लिए रिम्स अस्पताल रांची भेजा गया था

एक संदिग्ध मरीज के सैम्पल का रिजल्ट आना बाकी है गिरिड़ीह जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है लॉक डाउन का उल्लघंन करने के आरोप में जिले में छत्तीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है अपर समाहर्ता आलोक दूबे ने आज बताया कि दवा दूध सब्जी खादान्न एवं जरूरी वस्तुओं की खरीदारी में छूट दी गयी है लेकिन बिना जरूरत के सड़क पर निकले वालों पर सख्ती की जा रही है

जामताड़ा जिले में लॉक डाउन के दौरान में गरीब असहाय और अन्य फंसे हुए श्रमिकों नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे जामताड़ा जिले में तेईस दाल भात केंद एवं कम्युनिटी किचन संचालित किया जा रहा है

कोरोना वारयरस संक्रमण को रोकने के लिए किये गये देशव्यापी लॉक डाउन के कारण इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी घट गयी है सरकारी और निजी अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या में अस्सी प्रति त तक की गिरावट आयी है

तेफरल अस्पताल तोरपा के प्रभारी डॉ नागेश्वर मांझी कहते हैं कि आम दिनों में रफरल अस्पताल में ढाई से तीन सौ मरीज ओपीडी में पहुंचते थे लॉक डाउन के दौरान मुश्किल से तीस से चालीस मरीज पहुंच रहे हैं

समाप्त